मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि राजीव कुमार के खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्रवाई फिलहाल नहीं की जायेगी न्यायालय ने राजीव कुमार को सीबीआई के शिलांग स्थित दफ्तर में पेश होने के निर्देश भी दिये है अदालत ने कथित अवमानना के मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को नोटिस भी जारी किया है

गौरतलब है कि सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में शारदा चिटफंड मामले में सबूतों को नष्ट करने और जांच में बाधा डालने के लिए कोलकाता पुलिस अधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर की थी उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने कहा कि यह फैसला हमारी नैतिक जीत है सरकार जांच में पूरा सहयोग करेगी

इस कार्ड का लाभ पशुपालन और मछली पालने वाले किसानों को भी मिलेगा कृषि मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकारें व्यावसायिक बैंक सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंको की सहायता से यह अभियान शुरु करेंगी वित्तीय सेवा विभाग इस संबंध में पहले ही दिशानिर्देश जारी कर चुका है

सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कल जयपुर में न्यू सांगानेर रोड स्थित स्वेज फार्म पर सुपर स्टोर की शुरूआत करते हुए ये घोषणा की

श्री आंजना ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में सुपर स्टोर की श्रंखला शुरू करने जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद एक ही छत के नीचे उचित मुल्य पर मुहैया कराये जा सकें

श्री विश्नोई कल बीकानेर जिले में जन सुनवाई करने के बाद विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे वन्य जीवों का शिकार करने वालों के खिलाफ पूरी पैरवी करते हुए उन्हें सजा दिलाने पर ध्यान दें

अधिसूचना के अनुसार यह यात्री रेलगाड़ी सप्ताह में तीन दिन मंगलवार गुरुवार और शनिवार को श्रीगंगानगर और सीकर के बीच चला करेगी यह रेलगाड़ी श्रीगंगानगर से चलने के बाद सादूलशहर हनुमानगढ़ जंक्शन और टाऊन ऐलनाबाद नोहर भादरा सादूलपुर चूरू तथा फतेहपुर शेखावटी स्टेशनों पर ठहराव करेगी

सेना भर्ती की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है पहले बैच की दौड़ कल सुबह चार बजे शुरू हो जायेगी